म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति लागू करने के निर्देश दिये है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चाहे कृषि कानून हो नागरिकता संशोधन अधिनियम या श्रमिक कानून इनकी गलत व्याख्या की जा रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी वे कहते है कि नागरिकता छीन ली जायेगी कभी कहते है कि यह किसानों की भुमि है लेकिन यह सफेद झूठ है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का आहवान किया है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनत पार्टी न केवल राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि यह क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पार्टी भी है

उन्होंने विपक्ष की इस बात के लिए आलोचना की कि जब भारतीय जनता चुनाव जीतती है तो वे हमें ईवीएम की जीत बताते है लेकिन जब कोर्ड और जीतता है इसकी सराहना की जाती है श्री मोदी ने कहा कि जो लोग यह कहते है कि भारतीय जनता पार्टी च्नाव जीतने वाली मशीन है वो भारत के संविधान और लोकतंत्र की परिवक्तता को नहीं समझते उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी च्नाव जीतने वाली मशीन नहीं बल्कि एक आंदोलन है जो लोगों को साथ जोड़ता है

सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने आज सिरसा में यह जानकारी दी

उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यकत करते हये कहा कि इसेस लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें मिलेगी और साथ ही रोज़गार के अवसर भी बढ़ेगे उन्होंने कहा कि सिरसा में मेडिकल कालेज बनाने के लिए भी बजट जारी हो च्का है और इसका निर्माण भी जल्द श्रू हो जायेंगा

म्ख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी जिला काडर में भर्ती हुआ है और वह दूसरे जिले में जाना चाहता है तो उसका विकल्प भी कर्मचारियों को दिया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल शाम सात बते परीक्षा पे चर्चा के दौरान विदयार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेगे

हिसार में एक श्रद्वांजलि सभा और हवन यज्ञ का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रदेश के प्रतत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि चौधरी देवी लाल का जीवन बेहतद सादगी भरा था और उनके दिखाये मार्ग पर चलते हये आज प्रदेश में विभिन्न वर्गो के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है पंचकृला में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल को श्रद्वांजलि अर्पित की

पलवल में जन नायक जनता पार्टी ने ताऊ देवी लाल की पृण्यथिति मनाई पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने पार्क में लगी ताऊ देवी लाल की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया और हवन यज्ञ कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई सिरसा में भी जन नायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ताऊ देवी लाल की प्रतिमा पर प्ष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री श्री द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव लाने में भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की अहम भूमिका रही है श्री चौटाला आज स्वर्गीय देवीलाल की प्ण्यतिथि के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित उनकी समाधी संघर्ष स्थल पर श्रद्घांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उप म्ख्यमंत्री ने प्रदेश में फसल खरीद प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आज राज्य सरकार किसानों को एक नहीं बल्कि छह फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है किसान की फसल को खरीद कर उसका जल्द से जल्द उठान करवाकर सीधा किसानों के खाते में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया गया है दृष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल जी का भी यही सपना था उपम्ख्यमंत्री ने आंदोलनरत किसान संगठन के नेताओं से अपील की कि सरकार से चर्चा के लिए उन्हें आगे आना चाहिए क्योंकि निरंतर चर्चा के लिए केंद्र सरकार के रास्ते ख्ले हैं

हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षा देने वालों के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने का अंतिम अवसर प्रदान किया है